अमेरिका रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये राष्ट्र के नाम दिये संबोधन में बताया कि महज तीन मिनट में मिशन शक्ति को अंजाम दिया गया और एक लाइव उपग्रह को अंतरिक्ष में ही मार गिराया गया श्री मोदी ने कहा कि यह परीक्षण कर भारत ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून या संधि का उल्लंघन नहीं किया है बल्कि यह देश के विकास के लिए रक्षात्मक पहल है प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ के खिलाफ रहा है प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति से जुड़े वैज्ञानिकों और डीआरडीओ को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी

इसी के तहत बड़वानी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतदाता जागरुकता कार्नर बनाया गया है इस कार्नर में कार्यालयीन अवधि में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के साथ एक मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहेगा जो कार्यालय में आने वाले लोगों को समझायेगा कि वह अपने मताधिकार का उपयोग किस प्रकार इन मशीनों के माध्यम से कर सकते है उधर ब्रहानपुर में भी मतदाता जागरुकता अभियान के तहत महाविद्यालयों में मतदान की शपथ दिलाई जा रही है

इस वर्ष ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से गेहूँ के साथ साथ चना मसूर और सरसों उपार्जन के लिये आवश्यक तैयारियाँ भी की जा रही है गेहूँ उपार्जन के लिये पिछले वर्ष से ज्यादा केन्द्र स्थापित किये गये हैं होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के साथ ही भण्डारण का इंतजाम भी किया गया है यहां बयालीस भण्डारगृहों में खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं इसके अलावा शासकीय वेयरहाउस में पहले से रखा गया अनाज खाली कराया गया है

इसके लिए तैयारिया शुरू हो गई है टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कलेक्टर ने जिले के विभाग प्रमुखों से अभियान को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए है

शिवपुरी जिले में भी सघन पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से लेकर पांच वर्ष आय तक के बच्चों को पोलियोरोधी खुराक पिलाई जायेगी

उधर खंडवा जिले में अभियान को सफल बनाने के लिए कल एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें जिला स्वास्थ्य कार्यकम अधिकारी खण्ड चिकित्सा अधिकारी सेक्टर चिकित्सा अधिकारी बीईई और बीपीएम शामिल हुए कार्यशाला में बनाई गई कार्ययोजना में जिले के मजरे टोले ईंट भट्टे निर्माणाधीन मकानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को चिन्हित किया गया

इस अवसर पर प्रदेश में भी धार्मिक अनुष्ठान किये जा रहे हैं हमारे आगर मालवा संवाददाता ने बताया है कि इस पर्व पर महिलाओ ने परिवार की सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना को लेकर शीतलामाता की पूजा अर्चना की

दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीत चुकी हैं